गुड फ़ाइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हो रहा आयोजन बास्योड़ा पर प्रदेशभर में घर घर शीतला माता का भी हो रहा है प्रजन प्रदेश में बढ़ा गर्मी का असर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्म हवाओं के चलने की दी चेतावनी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

यहां के कई क्षेत्र एक बार फिर हॉटस्पॉट बन चुके हैं मालवीय नगर मानसरोवर और झोटवाड़ा इलाके में संक्रमण दर दोगुनी से ज्यादा है

दो जिलों दौसा और जैसलमेर में संकमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है

केन्द्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से अप्रैल के महीने में प्रतिदिन यानी सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ रविवार को भी निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है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

हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

बीकानेर में कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वाले चार संस्थानों को नगर निगम ने अस्थाई रूप से सीज किया है

बारां जिले में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए जिले की सभी नगर पालिका क्षेत्रों में नाइट कफ्यू लगाया गया है

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था इसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समुद्धि की कामना करते हैं गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुड फाइडे पर अपने संदेश में प्रभु यीशू के जीवन के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेने की अपील की है

महिलाओं द्वारा ठण्डे पकवानों का माता को भोग लगाकर परिवार में स्वास्थ्य की कामना की जा रही है सवाई माधोपुर और टोंक जिले में महिलाओं ने अल सुबह मंदिरों में पहुंचकर पूजन किया और शीतला माता को ठण्डे पकवानों का भोग लगाया कोरोना के प्रसार के कारण इस बार प्रदेशभर में पारंपरिक मेलों पर रोक लगाई गई है

यहां मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और समस्या का समाधान भी पा सकते हैं